वे आज पंजाब में मुक्तसर जिले के मलोट में किसान कल्याण रैली को संबोधित कर रहे थे

श्री मोदी ने देश को भरपूर अनाज देने के लिए किसानों को धन्यवाद दिया

मुख्यमंत्री ने श्री गोयल से जीएसटी पर भी चर्चा करते हुए इसे और अधिक तर्कसंगत तथा व्यावहारिक बनाने संबंधी सुझाव दिए श्री गोयल ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे केंद्रीय कृषि मंत्रालय और सम्बद्ध एजेंसी से बकाया भुगतान जारी करवाने के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही करवाएंगे

कन्नौज के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया बानसूर से दस श्रद्धालु जीप गाड़ी में नीमसार देवस्थान दर्शन करने जा रहे थे कि तभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अचानक उनकी जीप सडक किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी इस सडक हादसे में आठ श्रद्वालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दो अन्य श्रद्वालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने इस हादसे पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है बीएसएनएल ने देष में पहली बार इंटनेट टेलीफोनी सेवा शुरू की है संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में यह सेवा लांच की इसे विंग्स नाम दिया गया है कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक अनिल जैन ने बताया कि बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन टैबलेट या लैपटॉप पर एसआईपी क्लाइंट एप डाउनलोड कर अपने डिवाइस से इंटनेट कॉलिंग कर सकेंगे उन्होंने बताया कि इस सेवा के इस्तेमाल के लिए किसी सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी

केन्द्र ने ये भी कहा कि वह इससे संबंधित फैसला न्यायालय पर छोड़ती है

राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में हुआ जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने अन्तरा राज सॉफ्टवेयर लॉन्च किया साथ ही उन्होंने परिवार कल्याण तथा टेलीमेडिसन सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्षन के लिए पुरस्कार प्रदान किये

इसके अलावा छह पंचायत समितियों और छह ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया

कंपनी द्वारा उदयपुर और टोंक में प्रस्करण इकाई स्थापित की जाएगी

बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया ईकाइयों तथा केंद्र सरकार के अन्य कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया

श्री पायलट ने आज एक बयान में कहा कि बिजनेस रिफॉर्म प्लान की ओर से जारी सूची में प्रदेष पिछले तीन सालों से लगातार पिछड़ रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के अलावा प्रदेष में व्याप्त लचर कानून व्यवस्था के कारण निवेषकों का प्रदेष से मोहभंग हो गया है